आज ओडिसा में तालवेर में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत दस करोड़ से ज्यादा गरीबों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य दीमा दिया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है

इस योजना के तहत देश के दस करोड़ गरीब परिवारों को करीब करीब पचास करोड़ लोगों को अगर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो सालभर में पांच लाख रूपये तक का हेल्थ इंश्योरेंश दिया जाएगा प्रधानमंत्री ने झारसुगुडा में हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया इस हवाई अड्डे से पश्चिमी ओडिसा भी देश के विमान सेवा वाले क्षेत्रों में शामिल हो जायेगा इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सम्पर्क सुविधा बढ़ने से ही सर्वगीण विकास सम्भव है और सरकार देश भर में सम्पर्क सुविधा बढ़ाने के लिए लगतार प्रयास कर रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि भाषाये लोगों को जोडती हैं राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हिन्दी प्रचार सभा ने लगभग बीस हजार हिन्दी अभियानकर्ताओं का नेटवर्क विकसित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सत्तासी करोड़ सत्तावन लाख रूपये की लागत से गोरखपुर में जिले की कुल छत्तीस परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया जिसमें तीस करोड़ रूपये की लागत से नौ परियोजनाओं का शिलान्यास तथा सत्तावन करोड सत्तावन लाख रूपये की सत्ताईस परियोजनओं का लोकार्पण किया इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आसरा योजना के सात सात लामार्थियों को आवास का प्रतीक चामी तथा प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय खादय सुरक्षा योजना के तहत सात लामार्थियों को अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड वितरित किया इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के प्रति अपनी श्भकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने आवंटित आवासों में रहें उन्होंने कहा कि सरकार गरीबो के उत्थान हेत् सतत प्रयत्नशील है और उनके हित में अनेक जन कल्याणकारी योजना संचालित कर रही है मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि कृष्ठ रोगियों को एक एक मुख्यमंत्री आवास और राशनकार्ड प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि वनटांगियां मुसहर थारू एवं अन्य जन जातियों के लोगों को भी राशन कार्ड पेंशन एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा जिससे उनका सामाजिक उत्थान हो सके

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कृष्ठ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा इस महीने की छब्बीस तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेंगी प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए श्रोता एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा है कि केंद्र ने वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में पंजीकृत विक्रेताओं को एसएमएस के जरिए कर देय नहीं होने की रिपोर्ट दायर करने की सुविधा देने का फैसला किया है उन्होंने बताया कि सूक्न लघ् और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों के लिए कर अनुपालन को अधिक सरल बनाने के विषय पर भी मंत्री समूह विचार कर रहा है पटना में कल व्यापार और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श में श्री अढ़िया ने कहा कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे पंजीकृत विक्रेता रिटर्न भरने के अनिवार्य दायित्व से बच सकें प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की स्वीकृति से तरूण अग्रवाल को उत्तर प्रदेश भू सम्पदा अपील अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इसके अलावा तेज बहादुर सिंह को अधिकरण में न्यायिक सदस्य राजीव मिश्र को प्रशासनिक सदस्य और कमलकांत जैन को तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है इस सिलसिले में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग की तरफ से आज अधिसूचना जारी की गयी